राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज छत्तीसगढ़ के रंगकर्मी दीपक तिवारी और लोक नाट्य निर्देशक राकेश तिवारी को नई दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया

प्रधानमंत्री किसान योजना प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को एक वर्ष में तीन किश्तों में छह हजार रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाएगी इसके लिए लघु और सीमांत किसानों का सर्वे किया जाएगा इस संबंध में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लघ् और सीमांत किसानों की जानकारी मांगी है इस योजना के तहत दो हजार रूपये की पहली किश्त पाने के लिए किसानों को आधार कार्ड की जरूरत नहीं होगी लेकिन अगली किश्त लेने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड होना जरूरी होगा कृषि सर्वेक्षण केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष जुलाई से इस वर्ष जुन तक देश में कृषि से जुड़े सभी परिवारों का सर्वेक्षण कराने का निर्णय किया है कल लोकसभा में आधिकारिक रूप से यह जानकारी दी गई

सर्वेक्षण में इन परिवारों की आय व्यय और कर्ज के बारे में मुख्य रूप से जानकारी ली जाएगी संचार उपग्रह प्रक्षेपण भारत का संचार उपग्रह जीसैट इकतीस आज तड़के फ्रेंच गयाना अंतरिक्ष केन्द्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया एरियन पांच अंतरिक्ष रॉकेट से उपग्रह को भारतीय समयानुसार तड़के दो बजकर इकतीस मिनट पर कोरू प्रक्षेपण केन्द्र से छोड़ा गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की विज्ञप्ति में बताया गया है कि बयालीस मिनट की उड़ान के बाद जीसैट इकतीस उपग्रह बूस्टर से अलग हो गया अगले कुछ दिनों में अपनी कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद यह काम करना शुरु कर देगा इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सिवन ने बताया कि उच्च शक्ति के इस संचार उपग्रह से डीटीएच टेलीविजन के लिए ट्रांसपॉन्डर क्षमता मिलेगी और एटीएम शेयर बाजार ई प्रशासन तथा दूरसंचार से जुड़ी अन्य सेवाओं को विस्तार में मदद मिलेगी

राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में संगीत नृत्य और रंगमंच के बयालीस कलाकारों को सम्मानित किया गया इनमें छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के रंगकर्मी दीपक तिवारी को रंगकर्म के लिए और रायपुर के राकेश तिवारी को लोक नाट्य निर्देशन में बेहतर कार्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया गौरतलब है कि दीपक तिवारी सुप्रसिद्ध रंगकर्मी स्वर्गीय हबीब तनवीर के चरणदास चोर में प्रमुख पात्र का अभिनय कर चुके हैं वहीं राकेश तिवारी ने राजा फोकलवा नाटक का निर्देशन किया है राहल गांधी जगदलपुर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहल गांधी आज सुबह ओडिशा जाते समय क्छ देर के लिए जगदलपुर विमानतल पर रूके जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उद्योग मंत्री कवासी लखमा और अन्य विधायकों ने उनका स्वागत किया इसके बाद श्री गांधी मुख्यमंत्री श्री बघेल के साथ हेलीकॉप्टर से ओडिशा के लिए रवाना हुए जहां वे भवानीपटनम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए वन मंत्री कार्यशाला वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने सुराजी गांव योजना शुरू की है इसके तहत नरवा गरूवा घुरवा और बाड़ी के संरक्षण संवर्धन और विकास पर केंद्रित कार्य किए जा रहे हैं श्री अकबर आज अटल नगर में नरवा विकास योजना पर आधारित कार्यशाला को सम्बोधित कर रहे थे वन मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों और किसानों की समृद्धि के लिए द्विफसलीय क्षेत्रों का विस्तार करना जरूरी है इसके लिए जल स्त्रोतों को पुर्नजीवित किया जाएगा श्री अकबर ने कहा कि शहरीकरण के कारण तालाब कम होते जा रहे हैं उन्हें संरक्षित करने के लिए कार्ययोजना बनाई जाएगी साथ ही वन क्षेत्रों में वन्यप्राणियों के रहवास में जलघ्रोत उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया मनोज पिंग्आ समीक्षा केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव और बस्तर के प्रभारी अधिकारी मनोज पिंगुआ ने कल आकांक्षी जिले बस्तर में चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की श्री पिंगुआ ने कौशल उन्नयन के विभिन्न मापदण्डों की समीक्षा के दौरान कहा कि बस्तर जिले में नगरनार स्टील प्लांट जल्द शुरू किया जाएगा इसके लिए कृशल मानव संसाधन की आवश्यकता होगी बैठक में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उद्योगों की जरूरत के मुताबिक स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए श्री पिंगुआ ने स्वास्थ्य शिक्षा और किसानों के लिए संचालित की जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन के भी निर्देश दिए

इस ट्रेन के शुरू होने से बस्तर से सीधे राउरकेला तक पहुंचा जा सकेगा वहीं दुर्ग से जयपुर जाने वाली ट्रेन को अजमेर तक बढ़ाने से छत्तीसगढ़ के श्रद्वालु अब दुर्ग से सीधे अजमेर की यात्रा कर सकेंगे भाजपा प्रदर्शन अंतागढ़ टेपकांड मामले में पूर्व मंत्री राजेश मूणत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर में धरना प्रदर्शन किया इसमें प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए गौरतलब है कि भाजपा हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच का विरोध कर रही है अग्रिम जमानत सुनवाई अंतागढ़ टेपकांड मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व ओएसडी डॉक्टर पुनीत गुप्ता और पूर्व विधायक मंतूराम पवार द्वारा लगाई गई अग्निम जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो पाई डॉक्टर गुप्ता और मंतूराम पवार ने अग्रिम जमानत के लिए रायपूर के जिला और सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी

इस मामले में कल जिला न्यायालय रायपुर में सुनवाई की जाएगी एनटीपीसी हादसा बिलासपुर के सीपत में स्थित राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के संयंत्र में आज हुए एक हादसे में नौ मजदूर घायल हो गए हैं जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है मिली जानकारी के अनुसार ये सभी मजदूर संयंत्र के पंद्रह मीटर ऊंचाई पर स्थित बायलर पर काम कर रहे थे इसी दौरान बॉयलर का बेस दूटने से विस्फोट हो गया जिससे काम कर रहे मजदूर नीचे गिर गए हादसे में घायल सभी मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है मैनपाट महोत्सव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार जनआकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वचनबद्व है इस दिशा में तेजी से काम करना भी शुरू कर दिया गया है मुख्यमंत्री ने कल सरगुजा जिले के मैनपाट में आयोजित मैनपाट महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही श्री बघेल ने कहा कि किसानों की कर्जमाफी के साथ ही उनसे पच्चीस सौ रूपये प्रति क्विंटल की दर पर धान की खरीदी की गई है साथ ही छोटे भू खंडों की रजिस्ट्री भी शुरू हो गई है इस अवसर पर श्री बघेल ने राज्य शासन की नरवा गरूवा घ्रवा और बाड़ी योजना का श्भारंभ किया कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने लगभग साढ़े आठ सौ वनवासियों को वन अधिकार पत्र भी प्रदान किए राजिम माघी पुन्नी मेला राजिम के त्रिवेणी संगम में इस वर्ष उन्नीस फरवरी से चार मार्च तक राजिम माधी पुन्नी मेले का आयोजन किया जाएगा संस्कृति और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साह ने कल गरियाबंद जिले के राजिम में राजिम माघी पुन्नी मेला की तैयारियों के संबंध में बैठक ली बैठक में उन्होंने कहा कि राजिम छत्तीसगढ़ का प्रमुख तीर्थ स्थान और भगवान राजीव लोचन तथा कुलेश्वर महादेव की पवित्र भूमि है यहां राज्य की लोक संस्कृति और परम्परा के अनुरूप हर वर्ष माधी पुन्नी मेले का आयोजन किया जाएगा कृमि मुक्ति दिवस प्रदेश में राष्ट्रीय क्रमि मुक्ति दिवस कल मनाया जाएगा इस अवसर पर राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बच्चों को कुमिनाशक गोली खिलाकर करेंगे

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कुमि नाशक गोली सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों शासकीय और अनुदान प्राप्त शालाओं निजी स्कूलों तकनीकी शिक्षा संस्थान के साथ ही आश्रम छात्रावासों के बच्चों को खिलाई जाएगी छूटे हुए बच्चों को चौदह फरवरी मॉप अप दिवस पर कृमिनाशक गोली खिलाई जाएगी कार्यशाला सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत् रीजनल आउटरीच ब्यूरो के अधिकारियों के लिए आज रायपुर में स्वच्छ भारत मिशन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया